प्रधानमंत्री ने देश की एकता और अखंडता में सरदार वल्ल्भ भाई पटेल के योगदान को याद किया

ब्राई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ में हर्षोल्लास से मनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लोगों को त्यौहारों के दिनों में स्थानीय उत्पाद खरीदने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है आकाशवाणी पर मन की बात कार्यमक्रम में राष्ट्र को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को वोकल फार लोकल का विचार याद रखना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रा विश्व भारतीय उत्पादों को पंसद कर रहा है उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बहत से भारतीय उत्पादों में वैश्विक बनने की क्षमता है और उन्होंने खादी की मिसाल देते हये कहा कि खादी लम्बे समय से सादगी की प्रतीक बना आ रहा है और ये पर्यावरण व मानव शरीर के अनुकूल है जिसे हर मौमस में पहना जा सकता है श्री मोदी ने मैक्सिको में तैयार हो रहे ओसाका खादी की मिसाल भी दी जिसकी प्ररेणा गांधी जी के जीवन से ली गई है

उन्होंने इस बात पर ख्शी जाहिर कि कि इस वर्ष गांधी जंयती वाले दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी सटोर में एक दिन में एक करोड़ रूपये से अधिक की बिक्री हई प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्वदेशी खेलों ने प्री द्रनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है उन्होंने बताया कि मलखम्ब बहत से देशों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि अब मलखम्ब विश्व चैम्पियनशिप भी श्रू हो च्की है प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में पुलवामा सारे देश को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है उन्होंने कहा कि पुलवामा की चिनार की लकड़ी से पैंसिल तैयार की जा रही है जिससे पूरे देश में आपूर्ति होती है श्री मोदी ने लोगों को विजय दशमी के पवित्र तैयार पर बधाई दी

उन्होंने कहा कि लोगों ने तालाबंदी के दौरान ये महसूस किया कि सफाई कर्मचारियों सब्जी विक्रेताओं व सुरक्षा कर्मियों के बिना दिनचर्या कितनी मुश्किल है उन्होंने देशवासियों को अपील की कि अन सभी को अपने त्यौहारों में भी शामिल किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों को कहा कि इन त्यौहारों के दौरान बहाद्र जवानों को भी याद किया जाये जो हमारी सरहदों की स्रक्षा करते है तथा कहा कि उनके सम्मान में एक दीप प्रज्वालित किया जाये प्रधानमंत्री ने प्स्तकालयों की महत्ता पर ज़ोर देते हये देश के इल लोगों का जिक्र किया जो स्वेच्छा से बच्चों को ज्ञान बांटने के लिए निश्ल्क प्स्तकें पढ़ने के लिए दे रहे है श्री मोदी ने तिमलनाडू तूतूकड़ी के एक हजाम पौन मरियप्पन के साथ बातचीत भी की जो एक सैलून चलाते हे और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे ग्राहकों के लिए प्स्तकें भी प्रदान कर रहे है प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ के संदीप क्मार का जिक्र भी किया जो एक गैर सरकारी संस्था चला रहे है और उन्होंने एक मिनी वैन में मोबाइल लाईब्रेरी बनाई हई है

कोरोना उचित व्यवहार आपकी समाजिक जिम्मेदारी भी है

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अन्सार आज दादरी सिरसा अम्बाला व क्रूक्षेत्र से कोविड संक्रमित एक एक मरीज़ की मृत्यु की खबर मिली है

पंचक्ला से हमारी संवाददाता ने भी जिले में एक कोविड मरीज़ की मृत्यु की सूचना मिली है ब्राई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ में प्री श्रदधा व उल्लास से मनाया गया अम्बाला जिले में आज कई स्थानों पर विजय दशमी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये आज उम्मीद फाउडेशन द्वारा दशहरा मनाया गया जिसके चलते बच्चों को कपड़ें जूते और भोजन वितरित किया गया इस प्रकार आज अम्बाला छावनी की अनाज मंडी में सामाजिक दूरी की पालना करते हये श्री संदर कांड के पाठ किये गये आज संय अम्बाला शहर के रामबाग मैदान में रावण के प्लते का दहन किया गया यम्नानगर में लोगों ने घरों पर दशहरे की पूजा की वहीं कोरोना के चलते कही भी दश्हरे का मेला व रावण दहन नहीं किया गया कुछ ने घरों में ही दहन करने के लिए छोटे छोटे प्तले बनाये वहीं श्री रामलीला कमेटी जगाधरी ने रावण मेघनाथ व कृम्भकरण के छोटे पृतले बनाये और केवल कार्यकारिणी सदस्यों की मौजूदगी में ही शाम को इनका दहन किया गया सिरसा में श्री विष्ण् क्लब दवारा आज शहर मे भगवान राम जी शोभा यात्रा निकाली गई दो रथ विशेष सज्जा के साथ बाज़ारों में निकले ये रथ यात्रा सूरतग्रिया चौक से आरंभ होकर शहर के अलग अलग बाज़ारों से होते ह्ये वापिस पहुंचक कर सम्पन्न हुई उधर अम्बाला शहर के स्थानीय विधायक असीम गोयल नन्यौला ने आज विजय दशमी दशमी के पर्व पर पूजा अर्चना के साथ भगवान परशुराम चौक का उदघाटन किया श्री गोयल ने जिला वासियों को दशहरे की बधाई देते ह्ये कहा कि विजय दशमी के पर्व पर प्रतीक चिन्हों से सूसजिज्त भगवान परश्राम चौक का अनावण अम्बाला शहरवासियों के लिए गर्व की बात है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कालका पिंजोर रेल लाइन पर बने वाले अवर गामी प्ल का अवलोकन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्ल को लेकर जनता की सुविधा के लिए दो प्रकार के नकशे तैयार किये गये है पहले मे ये प्रस्ताव है कि अंडरपास के साथ दोनों और सर्विस लेन अवश्य निकाली जाये और धरातल पर सड़क बनाई जो ताकि ग्राहक यू र्टन लेकर बाज़ार तक पहंच सकें वे पार्किंग की सुविधा भी मिल सके

हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार आने वोल समय में कई योजनायें लेकर आयेगी उन्होंने कहा कि निजी गोदामों की तर्ज पर योजनाओं के माध्यम से गोदामों का निर्माण करवाया जायेग इससे पंचायती राज संस्थाओं की आमदन बढ़ेगी और वे स्वावलंबी बन पायेगी